चुनाव आयोग का कहना है कि इनमें से अधिकतर जानकारियां शाम पांच बजे तक की है इसलिये मतदान प्रतिशत और भी ज्यादा होने की संभावना है

मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे इस चरण में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालेंड सिक्किम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षदीप और उत्तराखंड के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गये इसके अलावा असम बिहार छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मणिपुर ओडिसा त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कुछ संसदीय सीटों पर भी आज मतदान हुआ

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सभी सम्बद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा केंद्र सरकार की ओर से पेश एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने दलील दी कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बॉण्ड की व्यवस्था की गयी है श्री वेणुगोपाल ने न्यायालय को सूचित किया कि अनेक कंपनियां चुनावी चंदा देते वक्त विभिन्न कारणों से अपना नाम ग्रृप्त रखना चाहती हैं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बॉण्ड जारी करने के खिलाफ नहीं है लेकिन वह दानदाताओं के नाम छिपाने के खिलाफ जरूर है इस योजना की वैधता को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिर्फोम्स की याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई है इसमें कहा गया है कि चुनावी बॉण्ड जारी किए जाने पर या तो रोक लगा दी जाए या दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएं ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके

इस चरण में प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जायेंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी मंजू शर्मा ने बताया कि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम दर्ज है या नहीं यह देखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप तैयार किया गया है इस एप के माध्यम से कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है

एन्ड्रॉयड फोन में एप डाउनलोड करके मतदाता अपना नाम वैरीफाई कर सकता है इसमें मतदाता दो आधारों पर अपना नाम देख सकता है जिसमें एक प्रकार में वह कुछ आवश्यक जानकारी जैसे अपना नाम पिता का नाम उम्र जेण्डर राज्य जिला और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम देख सकता है अथवा वह अपना इपिक नम्बर डालकर भी मतदाता सूची में नाम देख सकता है गेहूं आग सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील अंतर्गत अहमदपुर क्षेत्र के वेयर हाउस पर बनाए गए खरीदी केंद्र के बाहर किसानों से खरीदे गए गेहूं की बोरियां में आज बिजली के तारों में अचानक हुए फाल्ट से आग लग गई इस दुर्घटना में लगभग तीन सौ कुंटल गेहूं आग की चपेट में आने से नष्ट हो गया

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

इसी कड़ी में आज देवास जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक ईकाइयों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर कामगारों को मतदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है अनुपपुर जिले के जैतहरी में जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोकतंत्र की अलख जगाई जा रही है वहीं मानव श्रंखला बनाकर लोकतंत्र को सशक्त बनाने का संकल्प भी लोगों द्वारा लिया जा रहा है राजगढ़ जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिये नये प्रयास किये जा रहे हैं इसके तहत जिले के नगरों कस्बों ग्रामों में स्वीप के नोडल अधिकारी जहां रैली शपथ कार्यक्रम तथा मानव श्रुखंला के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं वहीं रंगोली ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से भी लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित भी कर रहे हैं उमरिया जिले के उचेहरा ग्राम में मतदाताओं को नाटक के माध्यम से देशहित मे मतदान करने का संदेश दिया इसके साथ ईवीएम मशीन और व्हीव्ही पैट को लेकर विस्तार से जानकारी दी वहीं गुना जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अतंगर्त दीवारों पर नारों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिये प्रेरित किया जा रहा है सतना जिले में भी अधिक मतदान को लेकर चुनावी पाठशाला सहित कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं

आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अनुमतियां प्रदाय करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम भी स्थापित किया गया है चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य के लिये अनुमति लेने के लिये राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है

इनमें गुना सागर छिंदवाड़ा दमोह जिले शामिल हैं वहीं कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहे

हालांकि राज्य के ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश होने से लोगों को गरमी से थोड़ी राहत मिली

वहीं होशंगाबाद भोपाल सभागों के साथ ही दमोह नरसिंहपुर सिवनी जबलपुर छिंदवाड़ा और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है राजधानी भोपाल में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही गरज चमक की स्थिति बन सकती है

कांग्रेस का कहना है कि श्री वर्मा के संबंध आरएसएस से जुड़ी संस्था संस्कार भारती से हैं